सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और पैतालीस वर्ष से अधिक आयू के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं स्रक्षित रहें और तीन आसान उपायों का पालन करें

दस राज्यों और एक केंद्रशासित प्रदेश के म्ख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कोविड की स्थिति का जायजा लेते हए श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि सभी राज्य मिल कर एक राष्ट्र के रूप में कार्य करें तो देश में संसाधनों की कोई कमी नहीं होगी प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय राज्यों के साथ सम्पर्क बनाए हए है और स्थिति पर सतर्कतापूर्ण नजर रखते हुए समय समय पर राज्यों को आवश्यक परामर्श दे रहा है इलाज के लिए ऑक्सीजन की आपूर्ति के मुद्दे पर श्री मोदी ने राज्यों द्वारा उठाई गई बातों पर चर्चा की उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि सरकार के सभी संबंधित विभाग और मंत्रालय स्थिति से निपटने के लिए एकज्ट होकर काम कर रहे हैं और औद्योगिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाली ऑक्सीजन को भी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री ने राज्यों से आग्रह किया कि वे ऑक्सीजन तथा दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए कदम उठाएं

उन्होंने कहा कि यदि कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो जिला स्वास्थ्य कार्य बल राज्य स्वास्थ्य कार्य बल के साथ विचार विमर्श करेगा और तदन्सार राज्य सरकार एक निर्णय लेगी

अस्पतालों में हाल में ह्ई कुछ दुर्घटनाओं का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने राज्यों से स्रक्षा संबंधी नियमों का कड़ाई से पालन करने पर जोर दिया क्छ म्ख्यमंत्रियों की चिंताओं के संदर्भ में श्री मोदी ने बीमारी से डर कर दवाएं इकद्वा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगाने के लिए प्रशासन से लगातार जागरूकता अभियान चलाने को कहा

सभी पात्र लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट आईएन पर पंजीकरण करा सकते हैं

जिसपर उन्होंने कहा कि आम जनता भी उन अधिकारियों से काफी नाराज है क्योंकि वे अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे है जबकि पिछले कई वर्षो से उन्हें बार बार नोटिस दिया जा च्का है इसी वजह से लोगों के अधिकारिक कार्यों में रुकावट आ रही है जिसके बाद डी सी मिको न्योरी ने सभी सरकारी अधिकारियों को निटिस दी है कि वे अपने पदो पर मौजूद रहे और कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी गई है

यह मासिक रेडियो कार्यक्रम की छिहत्तरवीं कडी होगी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

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इस कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के त्रंत बाद यह कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारित किया जाएगा जिसे शाम आठ बजे फिर से स्ना जा सकता है